प्रधानमंत्री भाटापारा और कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे

उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा देश हित में किए कार्यों को याद किया रामनवमीं के मौके पर आज राम मंदिरों में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं लेने के लिए सोलह अप्रैल को फिर से छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री भाटापारा और कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का यह दूसरा दौरा होगा इससे पहले उन्होंने छह अप्रैल को बालोद जिले के हथौद में आमसभा को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पन्द्रह अप्रैल को छत्तीसगढ़ आने वाले थे लेकिन कुछ कारण से उनकी आमसभा स्थगित कर दी गई थी अब यह सभा सोलह अप्रैल को होगी कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंदिरा स्टेडियम परिसर में प्रधानमंत्री की आमसभा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं श्री मोदी करीब एक घंटे तक कोरबा में रहेंगे कोरबा की सभा के बाद प्रधानमंत्री भाटापारा में जनसभा को संबोधित करेंगे बसपा चुनाव प्रचार बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक मायावती आज पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने छत्तीसगढ़ पहंची उन्होंने जांजगीर में एक जनसभा लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया तो वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा मायावती ने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियां पूंजीपतियों की हैं जबकि बसपा गरीबों की पार्टी है इसलिए बसपा को हमेशा गरीबों की चिंता रहती है सभा में बसपा के सहयोगी दल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के अध्यक्ष अजीत जोगी ने बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम को याद करते हए कहा कि उन्होंने जांजगीर से ही पार्टी की शुरूआत की थी श्री जोगी ने भीमराव अंबेडकर को उनकी जेयती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने गरीबों को समानता का अधिकार दिलाया आज सभी को वोट देने की ताकत मिली हुई है तो इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है सभा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बसपा के विधायक तथा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर भी मौजूद थे चुनाव प्रचार प्रदेश में दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है प्रत्याशी आमसभाओं के साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार का मोर्चा सम्हाल लिया है मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा विधानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में घर घर जाकर संपर्क किया इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की इस बीच कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति ने भी बैठक कर प्रदेश में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया रायपूर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हई इस बैठक में बस्तर लोकसभा सीट में हुए मतदान की समीक्षा भी की गई बैठक में जिला प्रभारियों के साथ साथ विधायक पूर्व विधायक और मोर्चा संगठनों को चुनाव के दौरान सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया मतदाता पर्ची लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपना मतदान केन्द्र जानने में कठिनाई न हो इसके लिए प्रशासन घर घर मतदाता पर्ची पहंचाएगा इसमें वोटर की फोटो के साथ साथ मतदान केन्द्र की भी जानकारी होगी रायपुर जिले में मतदाता पर्ची बांटने का काम कल से शुरू होगा सरकारी कर्मचारी कल से लेकर अट्ठारह अप्रैल तक यह पर्ची बांटेंगे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में दो हजार तीन सौ तैंतालीस मतदान केन्द्र हैं इनमें तीन सौ चवालीस केन्द्रों को संवेदनशील माना गया है वहीं महिलाओं के लिए चवालीस और दिव्यांगजनों के लिए दस मतदान केन्द्रों के अलावा इंक्यावन आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग का कार्य भी कल पन्द्रह अप्रैल से किया जाएगा इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजु एस और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज विभिन्न मतदान केन्द्रो में जाकर तैयारियों का जायजा लिया

इस दौरान बारह से अधिक गांवों के लोगों ने मतदान की शपथ ली जिला निर्वाचन अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के अगुवाई में जश्न ए जशपुर कार्यक्रम के तहत यह रैली जशपुर से निकाली गई जो विभिन्न गांवो से होती हुई प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल ग्वालिनसरना में संपन्न हुई करीब चालीस किलोमीटर की यात्रा के दौरान मोटर साइकिल रैली का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया और बिना किसी डर तथा लालच के मतदान करने का संकल्प लिया रैली में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया

इसी के तहत राजधानी रायपुर में सत्रह अप्रैल को महिला कार रैली निकाली जाएगी इस रैली में महिला और बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों की अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ ही आम महिलाएं भी शामिल होंगी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसव राजू एस के मार्गदर्शन में जिले भर में आयोजित हो रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में इस महिला कार रैली के माध्यम से मतदान का संदेश दिया जाएगा स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि यह रैली बीटीआई ग्राउंड से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई साइंस कॉलेज मैदान में समाप्त होगी इस रैली में शामिल सभी महिला चालकों को स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा मतदाता जागरूकता का संदेश देने कार में की गई विशेष सजावट के लिए भी आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे स्वीप बेस्ट कार अवार्ड के लिए चयनित कार महिला चालकों को उन्नीस अप्रैल को रायपुर में आयोजित स्वीप संध्या कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा रैली में शामिल होने के लिए सोलह अप्रैल तक पंजीयन कराया जा सकता है रामनवमीं नवरात्र चैत्र नवरात्र तिथि पर आज प्रदेश में भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भजन कीर्तन के बीच मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है राजधानी रायपुर के दूधाधारी और जैतुसाव मठ सहित शहर के राम मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की गई द्धाधारी मठ में भगवान श्रीराम का तीन दिवसीय जन्मोत्सव आज से शुरू हुआ बाजे गाजे के बीच आज सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान राम के दर्शनों के लिए श्रद्वालु उमड़ पड़े उधर चैत्र नवरात्रि के संपन्न होने के बाद आज मंदिर देवालय सहित घरो में विराजित जोत जवारे का हवन प्रजन के साथ विसर्जन किया जा रहा है लोगों ने बाजे गाजे के साथ नदियों और तालाबों में जंवारे का विसर्जन किया बैसाखी प्रदेश में बैसाखी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुबह लोगों ने गुरूद्वारों और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की आज के ही दिन वर्ष सोलह सौ निन्यानवे में गुरू गोविंद सिंह ने अनंतपुर में खालसा पंथ की स्थापना की थी बैसाखी के मौके पर प्रदेशभर में गुरूद्वारों में विशेष कीर्तन के साथ साथ लंगर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्दालु शामिल हुए फसल पकने की खुशी में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में यह पर्व मनाया जाता है वहीं रायपुर सहित प्रदेश के अनेक शहरों में आज मसीही समुदाय द्वारा आज पाम संडे के अवसर पर जुलूस निकाला गया इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई भीमराव अंबेडकर जयंती भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ अट्ठाईसवीं जयंती आज राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाई जा रही है इसी दिन वर्ष अट्ठारह सौ इंक्यानवे में बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म मध्यप्रदेश के मह में हआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर प्रदेश में कई समारोह हो रहे हैं राजधानी रायपुर में अम्बेडकर चौक पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लोगों को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया वहीं इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में शोभायात्राएं भी निकाली गई